श्री अवस्थी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि अवैध शराब की तस्करी का मामला सामने आने पर संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को निलंबित किया जाएगा साथ ही राजपत्रित अधिकारी के विरूद्व विभागीय जांच की जाएगी उन्होंने राजनांदगांव कवर्धा और मुंगेली जैसे सीमावर्ती जिलों में शराब के अवैध परिवहन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं चावल ग्णवत्ता केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अच्छी गुणवत्ता के चावल का वितरण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अन्तर्गत अगले वित्त वर्ष में देश के सभी जिलों में अच्छी गुणवत्ता के चावल की सरकारी खरीद और वितरण के लिए वृहद योजना बनाने को कहा गया है उन्होंने कहा कि देश के एक सौ बारह चिन्हित जिलों के लिए अच्छे चावल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल से संबंधित केन्द्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना चला रहा है इस योजना को लागू करने के लिए पंद्रह राज्य सरकारों ने संबंधित जिलों की पहचान कर ली है छत्तीसगढ सहित आन्ध्रप्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और तमिलनाड् ने अपने अपने जिलों में अच्छी गुणवत्ता के चावल का वितरण शुरू भी कर दिया है धान खरीदी तैयारी प्रदर्शन प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक दिसंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं खरीदे गए धान को रखने के लिए चबूतरे हमालों की व्यवस्था के साथ खरीदी स्थल की साफ सफाई भी की जा रही है इसी तरह महासमुद जिले में भी सभी धान खरीदी केन्द्रों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है कलेक्टर ने खरीदी केन्द्रों में तार का घेरा लगाने और लक्ष्य के अनुसार बारदाने की व्यवस्था करने अधिकारियों को निर्देशित किया है उन्होंने धान की खरीदी जूट वाले बोरे में किए जाने और आगामी एक सप्ताह के भीतर बारदाने का उठाव कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने नये किसानों की पंजीयन प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार कराने के भी निर्देश दिए हैं इस बीच प्रति एकड़ बीस क्विंटल धान खरीदी सहित अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने आज प्रदर्शन किया इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर चक्काजाम भी किया मिठाई नियम दीपावली त्यौहार के मद्देनजर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत मिठाई दुकानों की जांच की जा रही है साथ ही मिठाई निर्माताओं को नये नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में मिठाई निर्माताओं की बैठक लेकर उन्हें सेल्फ लाइफ से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए गौरतलब है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आम लोगों के स्वास्थ्य और पुरानी मिठाई लोगों तक न पहुंचे इसके लिए बीते एक अक्टूबर से पूरे देश में मिठाई बेचने को लेकर नया नियम लागू किया है इस नियम के तहत मिठाई विक्रेताओं को मिठाई की हर ट्रे पर उसकी कालातीत अवधि लिखनी होगी नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार पर दो लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है राज्यपाल वेबीनार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए उन्होंने कहा कि जो महिलाएं सषक्त होकर समाज में जगह बना चुकी हैं उन्हें अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए राज्यपाल ने आज राजभवन में भिलाई के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विष्वविद्यालय द्वारा महिला सषक्तिकरण विषय पर आयोजित वेबिनार को संबाधित करते हुए कहा कि आज सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक महिलाएं स्व सहायता समूह बनाकर अच्छा कार्य कर रही हैं उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के बालूद गांव की महिलाएं जैविक खेती भी कर रही हैं राज्यपाल ने महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध पर समाज को जागृत होने का आग्रह करते हुए कहा कि सबसे पहले परिवार में बच्चों को महिलाओं के प्रति सम्मान की षिक्षा देनी चाहिए

वहीं सत्रह वर्ष से कम आयु के बच्चों और अट्टारह से पच्चीस आयु वर्ग में यह दर एक प्रतिशत है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण का खतरा बुजुर्ग और उच्च जोखिम वाले लोगों में अधिक देखा जा रहा है वहीं पैंतालीस से साठ वर्ष की उम्र वालों की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है जो क्ल मृत्यू का चौदह प्रतिशत है इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग त्यौहार के इस मौसम में लोगों से सावधानी बरतने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लोगों को घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनना चाहिए वहीं भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए इसके अलावा अपने हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहना चाहिए स्वास्थ्य विभाग ने किसी को भी सर्दी खांसी बुखार थकान जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाकर कोरोना संक्रमण की जांच कराने के लिए भी कहा है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक हजार से अधिक शासकीय केन्द्रो में कोरोना संक्रमण की एंटीजन जांच की जा रही हैं इसके अलावा चार सौ नवासी शासकीय केन्द्रों में ट्र नॉट और पांच सौ बयानवे शासकीय केन्द्रों में आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं इधर दंतेवाड़ा जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में कार्यरत् सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई इस बीच छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य कलाकार दिनेश जांगड़े ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

मिली जानकारी के अनुसार दीपावली पर्व के मद्देनजर फटाखा दुकानों में भीड़ जुटने की आशंका है इसके चलते फटाखा दुकानकारों को बिना मास्क पहने आने वाले लोगों को फटाखा नहीं देने के लिए कहा गया है

इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेज होने की संभावना है आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम पांच सौ करोड़ रूपये तक का वहीं बस्तर संभाग में एक हजार करोड़ रूपये तक निवेश प्रोत्साहन मान्य होगा इसके लिए प्रस्तावित इकाइयों को इकतीस अक्टूबर दो हजार चौबीस तक या उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना होगा सरकार ने कोर सेक्टर के उद्योगों को राज्यभर में विद्युत शुल्क छूट की पात्रता भी प्रदान की है बिजली में छूट मिलने से इस्पात सहित कोर सेक्टर के उद्योगों को राहत मिली है इससे इन उद्योगों को देशभर के बाजारों का लाभ मिलेगा मरवाही उपचुनाव मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल हुई मतदान के अंतिम आंकड़े आ गए हैं इसके अनुसार कल इस उपचुनाव के लिए कुल सतहत्तर दशमलव आठ नौ प्रतिशत मतदान हुआ है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनयासी दशमलव छह नौ प्रतिशत पुरूषों ने मतदान किया वहीं छिहत्तर दशमलव दो शून्य प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि इस उपचुनाव में कोरोना संक्रमित मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे मतदान के अंतिम घंटे में मतदानकर्मियों ने पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से मतदान कराया वहीं कोविड प्रभावित लोगों को डाक से भी मतदान करने की सुविधा दी गई थी

कल बूढ़ातालाब स्थित स्वामी विवेकानंद सरोवर का भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी तक छत्तीसगढ़वासी राज्य से बाहर द्रसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जाते थे लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ही कई सुंदर पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं इससे प्रदेश को अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी सुंदर स्थलों को देखने आएंगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजधानी रायपुर देश के चुनिंदा खूबसूरत शहरों में अपनी पहचान कायम करेगा भाजपा बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र में हाल ही में एक किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच करने और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने भाजपा का तीन सदस्यीय जांच दल तोरला गांव जाएगा श्री साय ने राज्य सरकार से किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में उनके परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की मांग की है पालक स्कूल फीस छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है ज्ञापन के अनुसार पालकों ने निजी स्कूल संचालकों पर निजी प्रकाशन की किताब लेने और फीस जमा करने के लिए छात्रों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है पालकों का कहना है कि राज्य सरकार के आश्वासन के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूल संचालकों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इस बीच भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने जिले में डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है एनएसयूआई ने ज्ञापन में बताया है कि डीएलएड परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है लेकिन कम समय मिलने के कारण छात्र परीक्षा की तैयारी करने में समर्थ नहीं है हुड़ताल राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के बैनर तले वेतन विसंगति सहित अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही प्रदर्शन के अंतिम दिन हड़ताली कर्मचारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा कर्मचारियों ने मांग पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है

आवेदन पत्र रायपुर के उद्योग भवन से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं गौरतलब है कि युवाओं को उद्योग सेवा और अपना व्यवसाय शुरू करने तथा आर्थिक दुष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है इसके तहत अधिकतम पच्चीस लाख रूपये तक का कर्ज बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है

इस संबंध में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बताया कि जन्म और मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र के अनेक मामले सामने आने के बाद इन प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है साथ ही सभी पेंशनधारियों के आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने के लिए कहा है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के आठ सौ पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए पंजीयन तिथि पंद्रह नवंबर तक बढ़ा दी गई है भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय कल पांच नवंबर को रायपुर के कुशाभाऊ ढाकरे परिसर में पदभार ग्रहण करेंगे दूर्ग जिले में निजी संस्था को शासकीय संस्था बताकर नौकरी लगाने के नाम पर चार लाख तीस हजार रूपये की ठगी करने वाली तीन शिक्षिकाओं को उतई पुलिस ने गिरफ्तार किया है दुर्ग जिले के भिलाई में सीआईडी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बस्तर जिले के जगदलपुर में बर्तन व्यवसायी के अपहरण और फिरौती वसूली के बाद हत्या के मामले में पूलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में आज एक स्कूली बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है कोरिया जिले के खड़गवां ब्लॉक के धनप्र अनबोलनी पारा और काशाबेहरा गांव में बीती रात हाथियों के दल ने उत्पात मचाया है इस घटना में एक मवेशी की मौत हो गई वहीं दो मवेशी घायल हो गए है हाथियों ने कई ग्रामीणों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है रायपूर रेलमंडल के मांढर उरक़्रा स्टेशनों के बीच स्थित फाटक मरम्मत कार्य के कारण छह नवंबर की सुबह आठ बजे से सात नवंबर की शाम छह बजे तक वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेगा बाबा ग़्रू घासीदास द्वारा बताए गए सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देने निकली सतनाम संदेश यात्रा कल मुंगेली पहुंची इस दौरान समाज को नशे और मांसाहार से दूर रहने का संदेश दिया गया महासमुंद कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ सहित अन्य अधिकारियों ने बरबसपुर की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से बनाए गए दीये गमले सहित अन्य सजावटी सामानों की खरीदी की राजनांदगांव जिले की सोमनी थाना पूलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है